इस महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर संतानवे प्रतिशत से अधिक हुई और राज्य में ठंड के साथ कोहरे में बढ़ोतरी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्वास व्यक्त किया है कि किसान सकारात्मक रूख अपनाकर अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे बाईट हम लोग प्रारंभ से ही यह बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े जहां तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है तो प्राइवेट मंडियां आएंगी लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े केन्द्रीय पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों के हित में लगातार काम करते रहे हैं नवादा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुये उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों के प्रति समर्पित हैं श्री सिंह ने कहा कि पिछले छह सालों में गेहूँ और धान की खरीद में चालीस प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि दलहन और तेलहन फसलों के उत्पादन में सत्तर फीसदी की वृद्धि हुई है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान को छह हजार रूपये की राशि प्रदान कर रही है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और महागठबंधन के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने पर पटना के गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है कृषि सुधार कानून के विरोध में ये सभी धरना देने गांधी मैदान पहुंचे थे प्रशासन द्वारा रोकने के बाद वे और अन्य नेता मैदान के चार नम्बर गेट पर ही धरने पर बैठ गये कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गयी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में भारत में कोविड महामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जायेगा श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि अगले कुछ सप्ताह में वे कोरोना महामारी के लिए टीके का विकास कर लेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी महामारी के आठ संभावित टीकों का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है श्री मोदी ने कहा कि सारी दुनिया कोरोना महामारी के किफायती और कारगर टीके की भारत से उम्मीद कर रही है

उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है अमी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय के सहयोगपूर्ण प्रयासों से भारत निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए वैकल्पिक टीका बना लेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसंधान से जुडे वैज्ञानिकों से टीके को मंजूरी मिल जाने के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जायेगा

भारत में कोरोना वैक्सीन के रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्कफोर्स का गठन किया गया है और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है इसमें टेक्नीकल एक्सपर्ट हैं केंद्र सरकार से संबंधित मंत्रालयों और विमागों को अधिकारी हैं प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का शीघ्र विस्तार किया जायेगा मंत्रिमंडल विस्तार में सम्भावित नामों को शामिल किये जाने को लेकर जदयू और भाजपा में विचार मंथन का दौर जारी है जनता दल यूनाईटेड अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज पार्टी नेताओं के साथ पटना में विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर समीक्षा बैठक की इधर भाजपा प्रदेश नेतृत्व भी इस मुद्दे को लेकर लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा कर रहा है गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल में फिलहाल दो उपमुख्यमंत्री सहित चौदह मंत्री है प्रावधानों के अनुसार यह संख्या छत्तीस हो सकती है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाईटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात की है एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक को लेकर नये राजनीतिक समीकरण के कयास लगाये जा रहे हैं गौरतलब है कि पिछले दिनों श्री कुशवाहा ने विधानसभा में नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की कड़ी आलोचना की थी इसके बाद दोनों नेताओं की मुलाकात के राजनीतिक मायने लगाये जा रहे हैं केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के अनुरोध पर धान खरीद की सीमा तीस लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर पैंतालीस लाख मीट्रिक टन कर दी है राज्य सरकार ने पिछले दिनों इस संबंध में केन्द्र से अनुरोध किया था इधर राज्य में अब तक एक हजार दो सौ छियासठ टन धान की खरीद हो चुकी है चार हजार दो सौ सात केंद्रों पर किसानों से धान खरीद की जा रही है सरकार का लक्ष्य खरीद केंद्रों की संख्या एक हजार और बढ़ाने का है प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे और धूंध में बढ़ोतरी हुई है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेशभर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह और रात के समय कुहासा छाया रहेगा

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स चार सौ चौंसठ पर पहुंच गया है जो काफी खतरनाक माना जाता है प्रदेश के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के पांच सौ तिहत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख अड़तीस हजार पांच सौ इकतालीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना जिले में संक्रमण के एक सौ संतानवे नये मामले सामने आये हैं पूर्णियां में बत्तीस नालंदा में इकतीस बेगूसराय में बीस और मुजफ्फरपुर में अठारह नये मामलों की प्रष्टि हुई है अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले मिले हैं रिपोर्ट के अनुसार राज्य में इस समय पांच हजार तीन सौ बयासी कोरोना के सक्रिय मामले हैं इधर प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख एकतीस हजार आठ सौ छियासठ हो गयी है स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव दो शून्य प्रतिशत है देश में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामले आज घटकर चार लाख दस हजार पर पहुंच गए हैं यह पिछले एक सौ छत्तीस दिनों में सबसे कम संख्या है इस वर्ष बाईस ज़लाई को संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या चार लाख ग्यारह हजार थी वहीं पिछले चौबीस घंटे में कोविड उन्नीस के छत्तीस हजार छह सौ बावन नए मामले मिलने से कुल संक्रमित मामलों की संख्या छियानवे लाख आठ हजार के आंकड़े को पार कर गई है इधर बयालीस हजार पांच सौ तैंतीस संक्रमितों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौरानवे दशमलव दो शून्य प्रतिशत हो गई है देश में पिछले चौबीस घंटे में पांच सौ बारह लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर एक लाख उनतालीस हजार सात सौ हो गई है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश खडगावत ने कहा है कि इस रोग से बचाव के लिए सावधानियां बरतनी होंगी आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर खडगावत ने कहा कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और लोगों को ऐहतियात में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए बाईट ये एक ऐसी बीमारी है जिसका बहुत अच्छा इलाज हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टैपस हैं जिससे हम इजिली बच सकते हैं और सबसे बड़ा जो कदम हम उठा सकते हैं वो यह है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और दूसरा कि हमें मास्क पहनना है फेस कवर करके रखना है ताकि इसके अलावा हमें यह करना है कि हम आंख नाक और मुंह को नहीं छुएं बार बार मास्क को बार बार नहीं छुएं बार बार हाथ को धोते रहें और हो सकता है कि आने वाले समय में कोरोना की वैक्सीन आ जाए लेकिन जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है हमें यह भूलना नहीं है कि कोरोना गया नहीं है और ये सारे कदम हमें एहतियात के तौर पर उठाने हैं ताकि हम कोरोना से बच सकें आकाशवाणी से बात करते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ पिछले नौ महीने के दौरान क्रमबद्ध चरणबद्व और अतिसक्रिय तरीके से कार्रवाई की है उन्होंने कहा कि इन उपायों से कोविड संक्रमण के लाखों मामलों से बचा जा सका और कई लोगों का जीवन बचाया जा सका बाईट जो इस पॉजिटिव केस से कॉन्टेक्ट में आया उसके साथ जो उसके साथ था उसके पहले कुछ दिनों तक ऐसे व्यक्तियों को भी नजर में अपने आप को रखना है अलग होना है ताकि दूसरों की तरफ आपका संक्रमण आपसे न जाए ऐसे हम जिम्मेवारियां निभाएंगे देश की क्षमता बढ़ाएंगे अपने आपको कोरोना से बचाएंगे और अपने से आगे संक्रमण न हो वो जिम्मेवारी निभाएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस संक्रमण को हम पूरा कंट्रोल करेंगे जाने भी बचेंगी और हमारी इकोनॉमी भी बचेगी व्यवसाय भी बचेंगे और हमारा देश इस महामारी क्लामिटी से मुसीबत से उभर तक एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत बनके सामने आएगा सीतामढ़ी जिले के बथनाहा के पूर्व विधायक दिनकर राम का आज निधन हो गया वे इस विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रहे राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उनके के निधन पर गहरा शोक जताया है बक्सर के रामरेखा घाट पर आज से विश्व प्रसिद्ध पंचकोशी मेला की शुरूआत हुई पांच दिनों के इस मेले का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया इस अवसर पर साधु संतों ने गंगा नदी में पवित्र स्नान कर पूजा पाठ किया समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत काशीपुर मोहल्ला के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति से दो लाख रूपये लूट लिए पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है बक्सर के जिला कृषि पदाधिकारी ने खेतों में पराली जलाने के आरोप में सोलह किसानों के निबंधन को रद्द करते हुए उन्हें तीन वर्षों के लिए किसी भी प्रकार के कृषि अनुदान लाभों से वंचित कर दिया है सरकार के आदेश के विरुद्ध खेतों में पराली जलाने वाले की रिपोर्ट नहीं करने के मामले में दो कृषि समन्वयक को भी निलंबित कर दिया गया है जमुई जिले में जमुई मुंगेर को ऑपरेटिव बैंक की झाझा शाखा के प्रबंधक के खिलाफ बत्तीस लाख रूपये के गबन का मामला दर्ज किया गया है पुलिस मामले की जांच कर रही है वैशाली जिले के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने दो सौ छप्पन कार्टन विदेशी शराब के साथ दो कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच पांचवें दौर की बातचीत जारी

इस महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर संतानवे प्रतिशत से अधिक हुई और राज्य में ठंड के साथ कोहरे में बढ़ोतरी